इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए लैंड बैंक उपलब्ध कराया जाये उन्होंने प्रदेश में बनाये गये एक्सप्रेस वे तथा निर्माणाधीन प्रस्तावित एक्सप्रेस वे के दोनों ओर प्रमुख पोटेन्शियल क्षेत्रों को चिन्हित करके लैंड बैंक विकसित किये जाने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री ने निवेशको की समस्याओं का त्वरित निदान सुनिश्चित करने पर भी बल दिया प्रदेश की प्राविधिक शिक्षामंत्री कमल रानी वरूण का आज लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान निधन हो गया वह कानपुर के घाटमपुर से विधायक थीं

उनका अंतिम संस्कार आज कानपूर के भैरव घाट पर कोविड प्रोटाकॉल के तहत राजकीय सम्मान के साथ किया गया कैबिनेट मंत्री कमल रानी के निधन पर राजकीय शोक की घोषणा को गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य सरकार की मंत्री कमल रानी वरूण क निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है एक टवीट में श्री कोविंद ने कहा कि कमल रानी वरूण जमीनी स्तर पर लोगों को सेवा के लिए जानी जाती थीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी कमल रानी वरूण के निधन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि कमल रानी वरूण ने कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत करने में बड़ा योगदान दिया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी कमल रानी वरूण के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है अपने शोक सन्देश में राज्यपाल ने कहा कि कमल रानी का अचानक निधन स्तब्धकारी है वह लोकसभा के सदस्य के रूप में भी काफी सकिय रहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमल रानी वरूण के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि श्रीमती वरूण एक अनुभवी एवं योग्य राजनेता थीं प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्वों का सदैव क्शलतापूर्वक निर्वहन किया वह एक समर्पित जनप्रतिनिधि थीं जो हमेशा समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गो के कल्याण के लिए प्रयासरत रहती थीं उनके निधन से हुई क्षति की भरपाई होना कठिन है विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रियों और नेताओं ने कमल रानी के निधन पर दुःख जताया है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में श्रीमती वरूण के आकस्मिक निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई

एक दिन में स्वस्थ होने वालों की यह सबसे बड़ी संख्या है

कोरोना से मृत्यू दर भी घटकर दो दशमलव एक तीन प्रतिशत रह गई है

सर्वाधिक कोरोना पॉजटिव मरीज मिलने वाले देश के शीर्ष राज्यों में मात्र चार दशमलव दो प्रतिशत कोरोना पॉजटिव मामलों के साथ पदेश सबसे निचले पायदान पर है

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित हो गये है उन्होंने आज ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उनकी तबियत ठीक है लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो गये हैं वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गये हैं उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि वह डॉक्टरों की सलाह पर अपने आवास पर होम क्वारंटीन हैं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

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार पांच अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे डिस्पैच जैसे जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की भूमि पूजन की तारीख नजदीक आती जा रही है सभी वर्गो के लोगों में उत्साह और प्रसन्नता लगातार बढ़ती जा रही है इस अवसर पर घरों में मिट्टी के दीए जलाए जाएंगे जिसके लिए कुन्भकार बड़े ही प्रसन्नता और उत्साह से इन दियों को तैयार कर रहे हैं

हमारा पूरा गांव भी खुश है मुख्य मार्गो पर इमारतों को पीले रंग से बहुत अच्छे और आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है इसके अलावा कई टीमें रामायण के विभिन्न प्रसंगों और घटनाओं पर आधारित चित्रों को यहां विभिन्न रास्तों की दीवारों पर उकरने में लगी हुई हैं अयोध्या में राजेंद्र सोनी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मुल्तान सिंह यादव सोमनाथ मन्दिर के पुननिर्माण का खाका खींचने वाले सोमपुरा परिवार के नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले शिल्पकार आशीष सोमपुरा पर अयोध्या में बनने वाले राम मन्दिर के निर्माण की जिम्मेदारी है

जिसे बाद में संत समाज के सामने प्रस्तुत किया गया और अब उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद उस मॉडल को विस्तार देते हुए राम मन्दिर का निर्माण किया जायेगा बाइट रामलला विराजमान होंगे उसी के ऊपर शिखर होगा बाकी के जो है उसको मंडप बोलते हैं उसके ऊपर हमारा जो दृष्टराष्ट्र के हिसाब से सामरन होती है वह बनेगी उसके ऊपर जैसे पहले भी वही स्वरूप था जैसे ग्राउंड फ्लोर से रागलला की मूर्ति विराजमान होगी और फस्ट पलोर के ऊपर राम दरबार की मूर्तियां होंगी और जो ग्राउंड प्लोर है उसमें करीबन एक वन सिक्सटी कॉलम्स रहेंगे

जैसे की यूसेज बढ़ी उसकी तो सामने प्रपोशनली हाइंट बढ़ानी भी होती तो एक फ्लोर और बढ़ा दिया हमने ऊपर सेकेंड फ्लोर लेकिन वह पब्लिक के लिए नहीं होगा

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई सन्देश में लोगों के सुख समृद्धि एवं आरोग्य की कामना की है मुख्यमंत्री ने कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहन के पारस्परिक प्रेम स्नेह एवं विश्वास का त्यौहार है

किसी भी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं है पर्व के सभी अनुष्ठान घर पर रहकर ही किये जायें मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर्व पर राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये हैं